बैठक में कुषि बाजार अतिरिक्त उपज का प्रबंधन किसानों तक संस्थागत ऋण और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों र्स मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया है प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में पूरी मुल्यवर्धन श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर बल दिया बैठंक में कृषि अर्थव्यवस्था कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया प्रधानमंत्री ने ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने का आहवान किया और कहा कि देश में क्रषि उपज का निर्यात बढ़ाने के लिए उपज आधारित बोर्ड और परिषद गठित करने की आवश्यकता है बैठक के दौरान मौजूदा बाजार प्रणाली में रणनीतिक हस्तक्षेप करने और उचित सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया प्रधानमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नए उपाय करने पर बल दिया वीरभद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद सिंह ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण लोगों को आ रही समस्याओं और उनके निदान बारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर को एक पत्र लिखा है वीरभद्र सिंह का कहना है कि देश और प्रदेश आज गंभीर चुनौती से ग्जर रहा है और कांग्रेस पार्टी उससे उभरने के लिए मजबूती से सरकार का साथ दे रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कांग्रेस के सुझाव पर विस्तृत कार्य योजना बनाकर जनहित में काम करना शुरू कर देना चाहिए

वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी मुलभूत सुविधाए भी अस्त व्यस्त होकर रह गई है जिससे आम आदमी का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है वीरभद्र सिंह ने कहा कांग्रेस विधायकों का सुझाव है कि राज्य सरकार उच्च स्तरीय आर्थिक विशेषज्ञ समिति का गठन करे जो लॉकडाउन के दौरान प्रदेश को हुए नुकसान का जायजा लेकर अपनी विशेषज्ञ राय देकर इससे उभरने की ठोस रणनीति का प्रस्ताव प्रस्तुत करे ा पत्र में किसानों बागवानों से लेकर लदानी आढ़ती और विभिन्न उद्योगों से जुड़े व्यवसायियों के हालात पर चिंता जताई गई है

इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से पांच पांच सौ रुपये की तीन किस्तें दी जानी हैं

उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि प्रदेश की आर्थिकी में सुधार के लिए औद्योगिक इकाईयों का कार्य सुचारू रूप से चलाना बेहद जरूरी है जिसे देखते हुए जिले मेँ फार्मा खाद्य प्रसंस्करण सीमेंट इंजीनियरिंग और आटा चक्की इकाईयां शुरू की गई हैं उन्होंने कहा कि यदि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा न हुआ तो शीघ ही सभी औद्योगिक इकाईयों को खोल दिया जाएगा

उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि जिले के मुख्य द्वार चैरा में बाहरी राज्यों और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों की थर्मल स्केनिंग के साथ साथ चिकित्सय जांच की जा रही है और रेड व ऑरेंज जोन से आने वालों लोगों को चिकित्सक हॉम क्वारंटीन के निर्देश दे रहे हैं